प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष का हर शब्द मूल्यवान

कई मंत्रियों ने पेश किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड

पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के साथ भोपाल एम्स के डाक्टरों ने भी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया

टीकमगढ़ से सांसद और अस्थाई अध्यक्ष डॉ वीरेन्द्र कमार खटीक ने आज नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाई शपथ ग्रहण का सिलसिला कल भी जारी रहेगा आज सबसे पहले प्रधानमंत्री तथा सदन के नेता नरेन्द्र मोदी ने शपथ ग्रहण की प्रधानमंत्री के अलावा उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की इनमें राजनाथ सिंह अमित शाह नितिन गडकरी डीवी सदानन्द गौड़ा हरसिमरत कौर बादल रविशंकर प्रसाद संतोष गंगवार और स्मृति ईरानी शामिल हैं डॉ हर्षवर्धन श्रीपद नायक और अश्विनी चौबे ने संस्कृत में शपथ ली कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी और केरल की वायनाड सीट से सांसद राहल गांधी ने भी आज शपथ ग्रहण की भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाक्र ने भी पद की शपथ ली लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ब्धवार को होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को गुरुवार को संबोधित करेंगे जबकि केन्द्रीय बजट अगले महीने की पांच तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा

सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को अपनी संख्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है उन्होंने आशा व्यक्त की कि विपक्ष सदन में अपनी राय रखेगा और कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेगा

उन्होंने कहा कि योग दुनिया के लिए भारत का एक बड़ा उपहार है

उन्होंने बताया कि योग के प्रचार में मीडिया के योगदान को पहचान दिलाने के लिए सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस वर्ष से अर्तराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान श्रू किया है

इस मौके पर मंत्रिमंडल के सदस्यों और पार्टी विधायकों ने प्रदेश में विभिन्न जगहों पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखा वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ब्लॉग के जरिए कहा कि सरकार ने वचन निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी

वहीं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने भोपाल में सरकार के कामकाज को अभुतपूर्व बताते हुए कहा कि कर्ज माफी योजना से लाखो किसानों को लाभ हुआ है उधर खंडवा में प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार की छह माह की उपलब्धियां गिनाई शिवपुरी में प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कांग्रेस सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया रायसेन गुना भिंड मुरैना ग्वालियर विदिशा सिंगरौली पन्ना होशंगाबाद में कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई

जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा प्रदेश में भी हड़ताल का असर देखा गया भोपाल में अखिल भारतीय आर्यविज्ञान संस्थान एम्स महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हमीदिया सुल्तानिया समेत इंदौर जबलपुर और ग्वालियर के मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से ओपीडी समेत इमर्जेसी सेवाएं प्रभावित हुई

वहीं होशंगाबाद में भी इंडियन मेडिकल एसोशिएसन की जिला इकाई ने चिकित्सकीय सेवाएं बन्द रखी

अब नियमों के आधार पर मेरिट लिस्ट फिर से जारी होगी

उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने टवीट कर न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है

एयर इंडिया की यह फ्लाइट इंदौर से दुबई के लिए उड़ान भरेगी

आज से एयर इंडिया ने टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है एयर इंडिया द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार यह फ्लाइट इंदौर से सप्ताह में तीन दिन सोमवार बुधवार और शुक्रवार को रवाना होगी करीब ढाई घंटे के इस सफर के बाद विमान अगले दिन दबई से इंदौर की उड़ान भरेगा

केंद्र सरकार ने इंदौर एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन चेक पोस्ट की अनुमति देकर यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट की औपचारिक मंजूरी दे दी थी

मौसम े विभाग ने कल सुबह तक उमरिया अनूपपुर शहडोल डिण्डोरी छिंदवाड़ा जबलपुर मंडला बालाघाट नरसिंहपुर सिवनी कटनी पन्ना सागर टीकमगढ़ दमोह छतरपुर खजुराहो श्योपुर मुरैना भिंड रीवा सतना सीधी और सिंगरौली जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है